हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह में कल एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग लगातार कह रहे है कि प्रदेश सरकार कमजोर है जबकि वे लोग स्वयं विचित्र परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि दूसरों को कमजोर बताने वालों की अपनी हालत किसी से छिपी नहीं है कैबिनेट प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा

इस मौके पर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है और लोग इस दिन सोने चांदी सहित अन्य धातुओं की खरीदारी करते हैं धनतेरस पर कारोबारी वर्ग को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अलग अलग ट्वीट संदेशों में लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए सबके सुख समृद्धि की कामना की है

ये सभी पिछले तीन दिन पहले हुई बर्फबारी में फंस गए थे और सियूर पंचायत के रहने वाले है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय गड़बडियां रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की शुरूआत की है इसमें जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले लोगों और संबंधित लंबित अदालती मामलों को भी दर्ज किया जाएगा अभियान जल जनित रोगों के प्रभाव को कम करने तथा साबुन से हाथ धोने की आदत विकसित करने के लिए एक नई पहल करते हुए स्वच्छ जल स्वच्छ हाथ अभियान मंडी जिला में चलाया जा रहा है

इस दौरान आशा कार्यकर्ता स्वच्छता दूत स्वास्थ्य व आंगनबाड़ी कार्यकताओं ने हाथ धोने की सही तकनीक के बारे में बच्चों को जानकारी दी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण का शीर्षक है लाहुल के कई गांवों में बिजली गुल पांगी का संपर्क कटा पंजाब केसरी के शब्द हैं नवंबर माह की शुरूआत में ही ठंड हुई प्रचंड अजीत समाचार लिखता है उंचे क्षेत्रों में बर्फबारी जारी अन्य स्थानों पर बरसे मेघ आपका फैसला का कहना है ठंड से प्रदेश में बढ़ी कंपकपी सीएम की मोदी को चिट्ठी सेना में भर्ती कोटा बढ़ाओ शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है अलग हिमालयन रेजिमेंट की मांग भी दोहराई

जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल कैबिनेट बैठक आज दिवाली से पहले तोहफे मिलने की आस अब विजिलेंस के डीएसपी करेंगे मित्रा मामले की जांच शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है नेता और अधिकारी जांच के घेरे में कसौली गोलीकांड पर दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है स्टेट टाउन प्लानर समेत आठ अफसर चार्जशीट हिमाचल दस्तक की एक खबर है लीज रूल्स इन्वेस्टर मीट पर फैसला आज अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय रैगिंग का दंश में लिखा है कि रैगिंग रोकने के लिए सबको सक्रिय योगदान देना होगा ताकि इस बुराई को मिटाया जा सके